माना जा रहा है कि इस बैठक में आबकारी नीति पुलिस भर्ती और स्कूल वर्दी खरीद पर मंत्रिमण्डल निर्णय ले सकता है इसके अलावा छह मार्च से शुरू होने वाले विधानसभा के बजट सत्र पर भी चर्चा हो सकती है

इसमें सहकारिता पर विशेष रूप से चर्चा की जाएगी सहकारिता मंत्री राजीव सैजल भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे

नरेन्द्र ठाकुर ने जलगांव में हैंडपम्प लगाने और जरल से बुरनाड तक सड़क को पक्का करने का आश्वासन दिया जबना चौहान मंडी जिला के गोहर विकास खंड के थरजून पंचायत की युवा प्रधान जबना चौहान रांची में आज से शुरू हो रहे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हिमाचल का प्रतिनिधित्व करेगी इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा बीपीएल परिवारों के लिये देशभर में चलाई गई प्रधानमंत्री उज्जवला योजना को सुद्रढ़ करने के लिये विस्तृत चर्चा की जाएगी सम्मेलन में भारत के अलावा दस देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे जबना चौहान इस सम्मेलन में उज्जवला योजना को हिमाचल में प्रभावी ढंग से लागू करने के लिये अपने सुझाव देगी जबना चौहान को पंचायत में स्वच्छता व शराबबंदी जैसे उत्कृष्ट कार्य के लिये हिमाचल व पंजाब सरकार के अलावा फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार भी सम्मानित कर चुके हैं

सेना भर्ती कार्यालय शिमला के प्रवक्ता ने बताया कि सेना में सैनिक सामान्य ड्यूटी ट्रेडमैन और सैनिक तकनीकि व लिपिक पदों के लिए भर्ती की जाएगी प्रवक्ता ने बताया कि इच्छुक उम्मीदवार चार मार्च से ऑनलाईन पंजीकरण कर सकते हैं दुर्घटना मंडी जिला के पराशर में कल देर रात एक वाहन के गहरी खाई में गिरने से दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि चार लोग घायल हो गए प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है जबकि घायलों को उपचार के लिये मंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है मौसम राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज मौसम साफ बना हुआ है हालांकि जनजातीय जिलों किन्नौर व लाहुल स्पिति में हल्के बादल छाए हुए हैं

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचारपत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र के हवाले से पंजाब केसरी की सुर्खी है बजट सत्र के बाद अलग तरीके से चलेगी सरकार आपका फैसला का शीर्षक है टोपियों पर राजनीति का दौर खत्म दैनिक सवेरा टाइम्स के शब्द हैं हिसाब देंगे भी और लेंगे भी सब्र करो अजीत समाचार के मुताबिक टोपी की राजनीति को अलविदा कह दें दैनिक न्याय सेतु लिखता है यह थके हारों और सेवानिवृतों की सरकार नहीं है बिलासपुर के श्रीनयना देवी में बिना मंजूरी खैर के कटान पर अमर उजाला की सुर्खी है अवैध कटान पर केस नपेंगे अफसर

जबकि दिव्य हिमाचल के शब्द हैं हिमाचल के पूर्व मुख्य सचिव से ऑनलाइन ठगी

बॉलीवुड अभिनेत्री श्रीदेवी के निधन से जुड़ी खबरें भी अखबारों में पहले पन्ने पर जगह लिये हुए है पंजाब केसरी की सुर्खी है बॉलीवुड की चांदनी दे गई जुदाई दिव्य हिमाचल के शब्द हैं सितारों में खो गई चांदनी हिमाचल दस्तक के अनुसार बॉलीवुड अभिनेत्री श्रीदेवी का दुबई में देहांत मंत्री से मिलने आए प्रिंसिपल को पूर्व विधायक ने पीटा शीर्षक से दैनिक जागरण लिखता है पूर्व विधायक बलदेव शर्मा समेत तीन भाजपा नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज अमर उजाला की एक खबर है जेई भर्ती परीक्षा में चपरासी को ही लगा दिया निरीक्षक कर्मचारी चयन आयोग ने दिये जांच के आदेश अब एक नज़र सम्पादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण ने अपने सम्पादकीय घरों में तेंदुआ में लिखा है कि जंगली जानवरों के हमलों के लिये लोग खुद ही जिम्मेदार हैं जंगल छोटे पड़ने लगे हैं जिससे ये जानवर आबादी वाले क्षेत्र में पहुंच रहे हैं दिव्य हिमाचल अपने सम्पादकीय में लिखता है कि अखाड़े हिमाचली परम्परा संस्कृति की प्रतीति में मेलों में सामुदायिक भावना के चिराग जलाए हुए हैं तो सरकार को भी चाहिये कि इन अखाड़ों को संरक्षण प्रदान किया जाए शीर्षक है चैहड़ में बुलाता अखाड़ा आपका फैसला अपने समपादकीय अफसरशाही को संदेश में लिखता है कि हाल ही में सोलन के उपायुक्त और बद्दी के पुलिस अधीक्षक का तबादला कर सरकार ने ये संदेश दिया है कि कुशल प्रशासन ही सरकार की कसौटी होगा